कहा अनलॉक का अर्थ स्व अन्शासन है

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर तीन बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री आज इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों पंजाब असम केरल उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ गोआ मणिपुर नगालैंड लद्दाख पुदुचेरी अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादरा नगर हवेली और दमन दीव सिक्किम और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से जबकि कल पन्द्रह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक बिहार आंध्र प्रदेश हरियाणा जम्मू और कश्मीर तेलंगाना और ओडिसा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री ने इस महीने की तेरह तारीख को गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि अनलॉक का अर्थ स्व अनुशासन है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है मुख्यमंत्री लखनऊ में कल लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए हर स्तर पर संवाद जरूरी है उन्होंने जिलों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों चिकित्सा विशेषज्ञों मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ नियमित संवाद कायम रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद मेरठ बागपत हापुड़ और बुलंदशहर में विशेष ध्यान देते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इस बीच प्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक सत्तावन लाख बारह हजार श्रमिकों को कार्य दिया जा चुका है यह संख्या फिलहाल देश में सर्वाधिक है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब इक्यावन प्रतिशत से अधिक हो गई है कोरोना संक्रमित करीब एक लाख सत्तर हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार चार सौ उन्नीस लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं देश में इस समय लगभग एक लाख तिरपन हजार लोग कोरोना से संक्रमित है इस बीच भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक कोरोना जांच की गई हैं अब तक क्ल सत्तावन लाख चौहत्तर हजार से अधिक कोरोना जांच हो चुकी हैं परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है इसके लिए और अधिक सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है अब तक देश में क्ल नौ सौ एक प्रयोगशालाओं को इसकी अनुमति दी जा चुकी है इसमें छः सौ तिरपन सरकारी और दो सौ अड़तालीस निजी क्षेत्र के जांच केन्द्र शामिल हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित आठ हजार छह सौ दस मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग इकसठ प्रतिशत हो गई है उन्होंने बताया कि बाहर से आये कामगारों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है आशा कार्यकत्रियां प्रवासी श्रमिकों के घर जाकर कोरोना लक्षणों वाले कामगारों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह हैं लेकिन लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्य्यअल रैली को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता है और द्निया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती भारत और नेपाल के बीच का जो रिस्ता है ये कोई सामान्य रिस्ता नहीं है यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिस्ता है दुनिया की कोई ताकत इस रिस्ते को तोड़ नहीं सकती है यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालंगे मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले लोगों के मन में कमी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआरने कोविड नाइन्टीन की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केन्द्रों में आरटी पीसीआर टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट सार्स सीओवी ट्र के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमैटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड नाइन्टीन जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ आरटी पीसीआर टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर आरटी पीसीआर टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती इस स्टैंडर्ड कोविड नाइन्टीन परीक्षण किट के जरिये लोगों में कोरोना के लक्षण के पॉजिटिव या निगेटिव होने का पता पन्द्रह मिनट में लगाया जा सकता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है पब्लिक हेत्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने कोविड नाइन्टीन के देश में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवम्बर में अपने शीर्ष पर होगा परिषद ने कहा है कि यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है गोरखपुर कुशीनगर आजमगढ़ समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बीती आधी रात से लगातार वर्षा होने के समाचार हैं कल भी प्रदेश के कई भागों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है अट्ठारह और उन्नीस जून को प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर तथा पश्चिमी भाग में इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ वर्षा की सम्भावना है इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून कल गुजरात के कांडला तट और अहमदाबाद में प्रवेश कर गया राज्य में कल कई जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाया जाएगा कोविड नाइन्टीन महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है